अब समाचार विस्तार से कोविड टीकाकरण ड्राई रन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कल दिल्ली में एक उच्चस्तरीय बैठक में आज से देशभर में शुरू होने जा रहे कोविड टीकाकरण अभ्यास की तैयारियों की समीक्षा की बैठक में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने डॉ हर्षवर्धन को अभ्यास से जुड़ी सभी जानकारियां दीं जिनमें ड्राई रन के लिए जमीनी स्तर पर काम करने वाली टीमों की ओर से पूछे जाने वाले सवालों का जवाब देने के लिए टेलीफोन ऑपरेटरों की संख्या बढ़ाया जाना भी शामिल है बैठक के दौरान डॉ हर्षवर्धन ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे ये सुनिश्चित करें कि टीकाकरण की जगहों और वहां तैनात किये जाने वाले अधिकारी इस बारे में तय सभी मानकों का पालन करें प्रदेश में कोविड टीकाकरण का पूर्वाभ्यास आज राजधानी भोपाल में तीन अस्पतालों में किया जाएगा

उन्होंने कहा कि उन्हें किसानों की आजीविका की रक्षा करने के सरकार के आश्वासन पर पूरा भरोसा है बयान में सरकार और किसानों दोनों के प्रति निष्ठा व्यक्त की गई है और गतिरोध दूर करने के प्रयासों का सम्मान किया गया है

विद्यालयों में विद्यार्थियों को इस प्रकार से आमंत्रित किया जायेगा कि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या एक साथ अधिक न हो विद्यालय में विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी यह माता पिता अथवा अभिभावकों की सहमति पर निर्भर करेगा

विभाग द्वारा विभागीय विद्यालयों में शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक स्टाफ को शत प्रतिशत उपस्थित रहने के निर्देश जारी किये गये हैं आदिम जाति कल्याण विभाग के छात्रावास एवं आवासीय विद्यालयों के छात्रावासों को खोले जाने की अनुमति नहीं होगी विद्युत मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को राज्य में परीक्षण और प्रमाणन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पावर यूटिलिटी का अवार्ड मिला है यह अवार्ड केन्द्रीय विद्युत मंत्रालय के उपक्रम केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान बैंगलूरू ने प्रदान किया है ऊर्जा मंत्री प्रद्यम्न सिंह तोमर ने मध्य क्षेत्र कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों को इस उपलब्धि के लिए बधाई और शुभकामनाएँ दी हैं

यह जानकारी स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुक्रवार देर शाम जारी कोरोना से संबंधित हेल्थ बुलेटिन में दी गई

दस्तक अभियान को सफल संचालन के लिए जिला प्रशिक्षण केंद्र में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ दिनेश कौशल की मौजूदगी में जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया पथ विक्रेता समीक्षा नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में कल इंदौर में ब्रिलियंट कान्वेंशन सेंटर में संभागीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया इस अवसर पर मंत्री श्री सिंह ने कहा कि इंदौर संभाग के सभी निकाय स्वच्छता और मुख्यमंत्री पथ विक्रेता योजना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करें उन्होंने मुख्यमंत्री पथ विक्रेता की समीक्षा करते हुये कहा कि इस योजना के तहत अधिकाधिक गरीबों को लाभ पहुंचाया जायें उन्होंने कहा कि प्रदेश की अवैध कॉलोनियां वैध होंगी